श्रीगंगानगर में दिल्ली से आये एक युवक में संक्रमण की पुष्टि हुई है

हालांकि राज्य में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है

जिनमें से तीन हजार लोगों को अस्पताल से छटटी दे दी गई है

इधर प्रदेश में लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद जनजीवन सामान्य हो रहा है कारोबारी गतिविधियां फिर से पटरी पर आने लगी है

चिकित्सा मंत्री ने कहा कि कोरोना का प्रकोप अब तक केवल शहरी क्षेत्रों में था लेकिन बाहरी राज्यों से प्रवासियों के आने के बाद गांवों तक कोरोना फैलने की आशंका बढ़ गई है ऐसे में बाहर से आने वाले हर व्यक्ति को खुद को क्वारेंन्टीन में रखना जरूरी होगा डॉ शर्मा ने कहा कि कोई भी बाहरी व्यक्ति अगर होम क्वारेंटोन के प्रोटोकॉल को तोडेगा उसे संस्थागत क्वारेंटीन में भेज दिया जाएगा

इस कडी में कल जयपूर के कानोता स्थित श्रमिक कैम्प से एक हजार प्रवासी श्रमिकों को उत्तरप्रदेश के लिए रवाना किया गया संभागीय आयुक्त के सी वर्मा ने बताया कि श्रमिक शिविरों में आ रहे मजदूरों को लगातार निःशुल्क साधनों की व्यवस्था कर उनके गृह राज्यों में भेजा जा रहा है

इस बीच दिल्ली सरकार से सहमति मिलने के बाद राज्य सरकार ने दिल्ली में फंसे हए प्रवासी राजस्थानियों को लाने के लिए विशेष श्रमिक बसों की व्यवस्था की है

रेल मंत्रालय ने बताया कि ये विशेष रेलगाडियां मौजूदा श्रमिक एक्सप्रेस रेलगाडियों के अलावा होंगी इनमें एसी और नॉनएसी श्रेणियां होंगी और सामान्य डिब्बों में सीटों के लिए भी आरक्षण करवाना होगा

देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए घरेलु विमान यात्रा के संचालन प्रकिया के नियम जारी किए जा रहे हैं इस बीच विदेश मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार विदेशों से राजस्थानियों को लाने वाली पहली उडान कल ब्रिटेन से जयपुर पहुंचेगी और आने वाले दिनों में कजाकिस्तान कनाडा और रूस से भी उडानों के जरिये राजस्थानियो की वापसी होगी

ये फैसले कल मंत्रीमंडल की बैठक में लिये गये उन्होंने बताया कि सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण की योजना और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से काफी बदलाव आयेगा

गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए हाल ही में बीस लाख करोड रूपये के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी

मुख्यमंत्री ने चिंता जताते हुए कहा कि पिछले वर्ष भी टिड्डी के कारण किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था इस बार टिड्डी के प्रकोप को कम करने के लिए ठोस कदम उठाएं जायेंगे इधर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने टिड्डी प्रभावित जिलों के अधिकारियों से चर्चा कर उन्हें रात में कीटनाशक का छिडकाव कर टिड़िडयों का खात्मा करने के निर्देश दिए है इस बीच प्रतापगढ जिले के धरिवावद में भी टिडि्डयों के दल दिखाई दिये जिसे कृषि विभाग और टिड्डी नियंत्रण दल ने दवाई का छिडकाव कर भगाया इधर दौसा शहर और जिले के ग्रामीण ईलाकों खैरवाल जिरोता और भंन्डाना में कल टिड़ियों ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया

पूरा देश उन्हें श्रृद्वा के साथ नमन कर रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें याद करते हुए कहा कि श्री गांधी ने देश में कम्प्यूटर और संचार कांति की नीव रखी

मुख्यमंत्री ने कल शाम वीडियो काफ्रेंस के जरिए बिजली कंपनियों की समीक्षा की उन्होंने कहा कि छीजत के कारण बिजली कंपनियों को बड़ा नुकसान होता है और यह घाटा बढ़कर कंपनियों को आर्थिक दबाव में ला देता है